राज्य में कोविड कन्टेनमेंट जोन के बाहर बाजार खूल गए हैं लेकिन लू के कारण सभी बाजार सूनसान पड़े हैं मवेशियों और पक्षियों पर भी गर्म हवा के थर्पड़ों ने असर डाला है दूसरी ओर तेज गर्मी के कारण जगह जगह पानी की किल्लत होने लगी है

इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढते तापमान और लू के हालात को देखते हुए लोगों से घर में ही रहने की अपील की है

मौसम विभाग ने भीषण लू का दौर आगामी तीन दिन तक जारी रहने की चेतावनी दी है जोधपुर बीकानेर जयपुर भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यधिक लू की भी चेतावनी दी है

चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है

ये सभी श्रमिक रोजगार के लिए राजस्थान आए हए थे और कोरोना की वजह से घोषित लॉकडाउन के कारण यहां फंस गए थे उत्तर पश्चिम रेलवे के विभिन्न मंडलों से जो रेलगाडियां संचालित की गई उनमें बिहार मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश झारखंड पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को भेजा गया इन सभी रेलगाडियों में यात्रियों को कोरोना के संकमण से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए इस बीच हनुमानगढ से आज पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना की गई

बीकानेर से बिहार जाने वाली यह दूसरी विशेष ट्रेन है लालगढ स्टेशन से ट्रेन के रवाना होने से पहले चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यात्रियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया पीबीएम हेल्प कमेटी की जनता रसोई द्वारा इन श्रमिकों को भोजन के पैकेट उपलब्ध करवाए गए जालौर रेलवे स्टेशन पर आज रत्नागिरी से प्रवासी श्रमिकों को लेकर विशेष श्रमिक रेलगाड़ी जालौर पहुंची

श्री खाचरियावास ने इसके लिए रोडवेज के सभी चालक परिचालकों और अन्य स्टाफ को धन्यवाद देकर उनका हौसला बढाया है उन्होंने बतााया कि इस अवधि में रोडवेज की बसों ने करीब साढे ग्यारह हजार फेरे लगाए

जयपुर हवाई अड्डे पर पहला घरेलू यात्री विमान बैंगलुरू से उतरा

बीकानेर में भी आज दिल्ली से पहली फ्लाइट पहुंची उससे आए यात्रियों की जांच की गई

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि यह फैसला परीक्षा केन्द्रों पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों की केन्द्रों तक की दूरी कम करने के लिए लिया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पहले ही घोषणा की थी कि विद्यार्थी उन स्कूलों में परीक्षा देंगे जहां वे पंजीकृत हैं न कि किसी बाहरी परीक्षा केन्द्र पर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस मोके पर अपने संदेश में उम्मीद जतायी है कि यह खास पर्व करूणा भाईचारा और सौहार्द की भावना को और आगे बढाएगा राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट विधानसभा अध्यक्ष डॉ सी पी जोशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉसतीश पूनिया सहित जनप्रतिनिधियों ईद मुबारकबाद अनेक ने की दी है

इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके महाराणा प्रताप को याद किया उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का स्वाभिमान साहस पराक्रम त्याग और बलिदान का संदेश सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है प्रताप जयंती के मौके पर प्रदेश में आज कई कार्यक्रम रखे गए राजसमंद जिले के खमनोर में रखे गए कार्यक्रम में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गयी कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए प्रताप जयंती के मौके पर भरने वाला पारम्परिक मेला भी नहीं भरा और न ही शोभा यात्रा नहीं निकाली गयी उदयपुर में प्रताप जयंती के अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता रखी गयी टोंक और बूंदी में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ धौलपुर में हुए कार्यक्रम में मास्क और सेनेटाइजर वितरित किए गए

प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए उनके सुझाव मांगे है